नई दिल्ली में आज सिविल डिफेंस और होमगार्ड्स के स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि ये संगठन कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं गृहमंत्री ने कहा कि किसी भी घटना से निपटने के लिए सबसे पहले नागरिक सुरक्षाकर्मी ही पहुंचते हैं इसलिए इस संगठन को अधिक मजबूत बनाना जरूरी है उन्होंने कहा कि नागरिक सुरक्षा को पहले की अपेक्षा और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिये कार्यवाही भी षुरू होनी चाहिये केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि पिछले साढ़े चार वर्षो में एनडीए सरकार ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एक मंजबूत सुरक्षा तंत्र विकसित किया है आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंटवार्ता में उन्होंने कहा कि देश पूरी तरह सुरक्षित है देष भर में पूरी तरह से षान्ति का माहौल है उन्होने कहा कि माओवादी तत्व उनकी विचारधारा और प्रभाव अब कुछ ही इलाकों में सिमट कर रह गए हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर हिंसा में मारे गए पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के परिवार को आश्वासन दिया है कि बुलंदशहर हिंसा और इंस्पेक्टर की हत्या के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवंगत सुबोध कुमार के दोनों बेटों की शिक्षा के लिए राज्य सरकार हरसंभव सहायता देगी श्री योगी ने कहा कि उनके परिवार द्वारा लिये गये गृह ऋण की बची हई राशि राज्य सरकार वहन करेगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि इंस्पेक्टर के परिजनों ने आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए सरकार के मंत्री और बुलंदशहर के प्रभारी मंत्री अवुल गर्ग ने बताया कि एटा जिले में शहीद इंस्पेक्टर के घर को जोड़ने वाली जैथरा से कुरावली तक की सड़क का नाम सुबोध कमार सिंह के नाम पर रखा जायेगा उनकी स्मृति में कॉलेज का भी नामकरण किया जायेगा और समाधि स्थल बनाया जायेगा मुलाकात के बाद दिवंगत सुबोध कुमार सिंह के बेटे शिव प्रताप सिंह ने सरकार में भरोसा व्यक्त करते हुए कहा कि मृख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वो अब उनके परिवार के सदस्य हैं और पूरे परिवार का ख्याल रखेंगे इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पिता की मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेमपति ने कहा है कि डिजिटल पहले कार्यक्रम पर ध्यान देना मीडिया और मनोरंजन उद्योग की नई क्रांति का ही हिस्सा है श्री वेमपति ने आज नई दिल्ली में व्यापक तस्वीर शिखर सम्मेलन में मीडिया के बदलते धरातल विषय पर प्रमुख संबोधन में कहा कि मीडिया के डिजिटीकरण के लिए मीडिया कर्मियों में नई क्शलता विकसित करनी होगी उन्होंने कहा कि समूचे मीडिया में संदर्भ सामग्री के इस्तेमाल का एक अच्छा उदाहरण प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम है जो रेडियो के लिए तैयार किया जाता है जो टेलीविजन यू ट्यूब और नमो ऐप पर भी इस्तेमाल किया जाता है आज अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस की छब्बीसवीं बरसी पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं कल से ही सभी प्रवेष द्वारों पर बैरीकेटिडिंग लगाकर सघन तलापी ली जा रही है बाहर से आने वाले और स्थानीय श्रद्दालुओं और आम लोगों को कड़ी सुरक्षा और तलाषी से गुजरना पड़ रहा है सुरक्षा के लिहाज से यहां छह कम्पनी पीएसी दो कम्पनी आरएएफ चार अपर पुलिस अधीक्षक दस उप पुलिस अधीक्षक सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के तिरसठवें महापरिनिर्वाण दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र आज उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद भवन परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति पर श्रद्वासुमन अर्पित किए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य गण्यमान्य लोगों ने डॉक्टर आम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी प्रदेष में भी विभिन्न स्थानों पर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि के कार्यक्रम आयोजित हुये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बाबा साहेब के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हये कहा कि बाबा साहेब ने समता मूलक समाज की स्थापना की परिकल्पना की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके सपनों को साकार करने में जुटी हुयी है सरकार चाहती है कि उसके कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे राज्यपाल राम नाईक ने भी बाबा साहेब के तिरसठवें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है बहराइच की भाजपा सांसद सावित्री बाई फुले ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की घोशणा की हैं सुश्री फुले दो हजार चौदह की आम चुनाव में बहराइच से भाजपा के टिकट पर सांसद चुनी गयीं थीं